कल एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि इन दिनों लोग शादियों और अन्य समारोहों में बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं जिस कारण कोरोना संकमण के मामलों में वृद्वि हो रही है मुख्यमंत्री ने लोगों विशेषकर बुजुर्ग व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा न बनने की सलाह भी दी है उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना के मामले और बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश की वित्तीय स्थिति सुधारने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरिस कन्फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने ये बात कही उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र आज एक नए दौर से गुजर रहा है और पारंपरिक बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग में बदल गई है

मुख्य सचिव ने आरटीपीसीआर परीक्षण में तेजी लाने और कोविड मृत्यु दर को एक प्रतिशत से नीचे लाने के लिए प्रयास करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों की उचित देख रेख सुनिश्चित की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण को रोकने के लिए सरकार के फैसलों और एसएमसी शिक्षकों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नाइट कर्फ्यू में भी चलेंगी बसें हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हर रविवार हिमाचल बंद पंजाब केसरी लिखता है चार जिलों में नाइट कफर्यू लगा रविवार को बंद रहेंगी दुकानें दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रदेशमर में रविवार को बंद रहेंगे बाजार रात्रि कफर्यू में बसों को छूट दैनिक भास्कर ने लिखा है संडे को सभी बाजार बंद रहेंगे हिमाचल दस्तक का कहना है शादी की होगी वीडियोग्राफी सभी बाजार संडे को रहेंगे बंद हिमाचल में कोरोना संकट से निपटने को बनेगी कोल्ड चेन शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफें स पर की चर्चा जबकि दिव्य हिमाचल ने प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज को पुख्ता प्रबंध करे हिमाचल

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है एसएमसी शिक्षकों को सुप्रीम राहत सर्वोच्च अदालत ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला दैनिक जागरण की सुर्खी है एसएमसी शिक्षकों को राहत सुप्रीमकोर्ट में याचिका स्वीकार मौसम पर अमर उजाला लिखता है पहाड़ों पर बर्फबारी जाखू में गिरे फाहे दैनिक भास्कर के मुताबिक बर्फबारी से माइनस में हिमाचल